राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश डॉ रवि रंजन से दूरभाष पर बात की फास्ट ट्रैक कोर्ट गठन पर हुई चर्चा केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने सरायकेला में की बैठक दलमा वन्य प्राणी अभ्यारण्य से जानवरों के पलायन और ग्रामीणों को नुकसान पहुंचाने पर मांगी रिपोर्ट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

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि देश में इस शनिवार से दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण कार्यक्रम शुरू हो रहा है

श्री मोदी ने कहा कि देश में बनी दो वैक्सीन कोविशिल्ड और कोवाक्सिन को आपातकालीन उपयोग के लिए मंजूरी दे दी गई है उन्होंने कहा कि दोनों वैक्सीन किफायती हैं तथा चार और वैक्सीन विकसित की जो रही है

देश में कोयला खानों के लिए एक ही स्थान पर तमाम मंजूरियां देने की सिंगल विंडो प्रणाली का आज शुभारंभ करते हुए श्री शाह ने कहा कि पिछले छह वर्षों में देश में कोयले का उत्पादन कई गुना बढ़ गया है

इसके लिए एक लाख करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान किया गया है क्रषि मंत्रालय ने कहा है कि सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य की मौजूदा नीति के आधार पर खरीफ फसलों की खरीद कर रही है

राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने राज्य में आपराधिक घटना और दुष्कर्म की घटना को दृष्टि में रखते हुए झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति डॉ रवि रंजन से दूरभाष पर वार्ता की इस क्रम में उन्होंने कहा कि आपराधिक घटनाओं और द्ष्कर्म की घटना के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया जाय ताकि इन मामलों का त्वरित गति से निष्पादन हो सके तथा अपराधियों को शीघ्र ही सजा प्राप्त हो वैसे मामलों जिनमे अभियुक्त तुरंत गिरफ़्तार हो गए हों उन्हें शीघ्रताशीघ्र दंडित करने का व्यवस्था हो इससे अपराधियों में भय का माहौल होगा और राज्य में इस प्रकार के अशोभनीय व निंदनीय घटना में कमी आयेगी इससे झारखंड उच्च न्यायालय पूरे देश के समक्ष आपराधिक घटना और दुष्कर्म की घटना में कमी लाने के लिए प्रेरक तथा अनूठा उदाहरण प्रस्तुत कर सकता है झारखंड उच्च न्यायालय में आज फिजिकल कोर्ट की सुनवाई प्रारंभ की गई है पहले दिन प्रायोगित तौर पर आज ग्यारह मामलों को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया था जिसकी सुनवाई न्यायाधीश न्यायमूर्ति हरीश चंद्र मिश्रा और न्यायमूर्ति राजेश कुमार की खंडपीठ में हुई कोरोना काल में नौ महीने के बाद फिजिकल कोर्ट की शुरुआत होने पर अधिवक्ताओं में खुषी दिखी वहीं मुवक्किलों भी उत्साहित नजर आये कि अब उनके मामले की त्वरित सुनवाई हो सकेगी अधिवक्ताओं ने उम्मीद जतायी है कि आगामी दो से तीन स्पताह में कुछ और अदालतों के द्वारा फिजिकल सुनवाई प्रारंभ हो जाएगी राज्य में कोविड रिकवरी रेट सनतानबे दशमलव आठ चार प्रतिशत हो गई है अबतक एक लाख चौदह हजार तीन सौ दो मरीज ठीक हुए हैं पिछले छत्तीस घंटे में एक सौ पैंतालीस नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं

इनमे एक हजार चार सौ अड़सठ सक्रिय केस हैं अब तक राज्य में कोरोना से एक हजार सैंतालीस मरीज की मौत हुई हैं

इस मौके पर श्री मुंडा ने केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को लेकर अधिकारियों को आवष्यक दिषा निर्देष दिया बाद में पत्रकारों से बातचीत में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि दलमा वन्य प्राणी अभ्यारण्य से लगातार हो रहे जानवरों के पलायन और हाथियों द्वारा ग्रामीणों को पहुंचाये जा रहे नुकसान का पूरा ब्यौरा अधिकारियों से मांगा गया है

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने पिता शिबू सोरेन को केक खिलाकर उनका आशीर्वाद लिया और उनके लंबी उम्र की कामना की

उनके जन्मदिन पर भी भाजपा के अलावा विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं और कार्यकर्त्ताओं ने बधाई दी है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्यसभा सांसद शिबू सोरेन के जन्मदिन के अवसर पर उनके संघर्ष और जीवनी पर आधारित तीन पुस्तकों में दिशोम गुरु शिवू सोरेन ट्राइबल हीरो शिवू सोरेन और सुनो बच्चों आदिवासी संघर्ष के नायक शिव् सोरेन ै की गांथा का विमोचन किया मुख्यमंत्री ने कहा कि इन पुस्तक के लेखक अनुज कुमार सिन्हा ने इस वीर भूमि के इतिहास को संजो कर युवाओं के साथ साथ बच्चों को इतिहास समझाने का प्रयास किया है प्रदेश भाजपा नेताओं का एक प्रतिनिधि मंडल विधायक सीपी सिंह के नेतृत्व में आज राजभवन जाकर राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू से मिला और उनसे टाना भगतों के वर्षा पुरानी मांग और उनकी समस्याओं को लेकर एक ज्ञापन सौंपा राज्यपाल को टाना भगतों की समस्याओं से अवगत कराते हुए विधायक सीपी सिंह ने कहा कि टाना भगत अपनी मांगों को लेकर लगातार आवाज उठा रहे हैं बावजूद इसके उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है गोड़डा जिले की उपविकास आयुक्त अंजली यादव की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की समीक्षा वीडियो कांफेसिंग के माध्यम से हुई

साइबर अपराधियों के खिलाफ चलाये जा रहे अभियान में देवघर पुलिस को आज एक बार फिर बड़ी सफलता मिली है

जिले के पुलिस अधीक्षक अश्विनी कुमार सिन्हा ने बताया कि इन सभी साइबर अपराधियों की गिरफ्तारी सारठ मध्यपुर और सारवां थाना क्षेत्र के अलग अलग गांवों से हुई है

राजधानी रांची समेत राज्य के विभिन्न हिस्सों में अगले पांच दिनों में न्यूनतम तापमान में तीन से पांच डिग्री सेल्सियस गिरावट दर्ज किये जाने की संभावना है

संक्षिप्त खबरें राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू से मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने षिष्टाचार मुलाकात की

हजारीबाग जिले की पुलिस ने बड़कागांव के महगांय गांव में वर्षो से चल रहे अवैध बंद्रक फैक्ट्री का उद्भेदन करते हुए तीन अपराधियों को गिरफ्तार करते हुए कई निर्मित और कई अर्द्वनिर्मित बंदूक बरामद किया है

पूर्व मध्य रेल मुख्यालय से ग्रीन सिग्नल मिलने के बाद रेलवे ने ट्रेन चलाने की तारीख का एलान कर दिया